बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राज्य के स्कूलों में चल रहे समर केंपों पर लगी रोक

गैर संचारी रोग राज्य में आज से गैर संचारी रोग रोकथाम और उपचार माह की शुरूआत हुई है इस दौरान सभी जिलों में आगामी पंद्रह जून तक गैर संचारी रोगों से बचाव जांच निदान और उपचार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके तहत उच्च रक्तचाप मध्मेह कैंसर बहरापन मुख स्वास्थ्य और तंबाक से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा इस दौरान प्रर्देश के सभी अस्पतालों में गैर संचारी रोगों की जांच विशेष तौर पर की जाएगी गैर संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को समुचित इलाज भी मुहैया कराया जाएगा शासकीय अस्पतालों में तीस वर्ष और इससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की मधुमेह रक्तचाप और मुंह के कैंसर के लक्षणों की जांच की जाएगी महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में गैर संचारी रोगों की वजह से साठ प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो रही हैं चिकित्सकों के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मध्मेह उच्च रक्तचाप कैंसर और पक्षाघात जैसे प्राणघातक रोगों से काफी हद तक बचा जा सकता है किसान जेल दंडाधिकारी जांच कर्ज की वजह से बस्तर के दो किसानों को जेल भेजे जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए इसकी दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं जांच में प्रथम दृष्टया यह मामला किसानों के साथ धोखाधड़ी माना जा रहा है इस मामले में बैंक दलालों और अन्य संबंधित लोगों के भूमिका की जांच की जा रही है जिला प्रशासन के मुताबिक जांच पूरी होते ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी किसानों को जमानत पर रिहा कराए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तम्बोली ने बताया कि दो किसानों को जेल भेजे जाने के मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी से कराई जा रही है उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक के कृषि विकास शाखा द्वारा चेक बाउंस होने के कारण दायर परिवाद के आधार पर इन किसानों को जेल भेजा गया है पीईटी पीपीएचटी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा आयोजित पीईटी और पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा कल होगी इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ अपना फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र परीक्षा केन्द्र में लाना जरूरी होगा मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा गौरतलब है कि पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा इसके पहले दो मई होनी थी लेकिन तकनीकी कारणों से यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी समर कैम्प स्थगित बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राज्य के स्कूलों में चल रहे समर कैंप पर रोक लगा दी गई है वहीं ग्रीष्मकालीन शिविरों के जरिये संचालित होने वाले अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है

माओवादियों ने गुमियापाल पेरपा और हिरौली मार्ग में कई जगहों पर सड़क में गढ़ढे कर दिए हैं और पेड़ गिराकर आवाजाही रोकने का प्रयास किया है इस बीच दंतेवाड़ा में एक लाख रूपये के इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया यह माओवादी बीते करीब तेरह वर्षो से संगठन में संक्रिय था और पंचायत मिलिशिया कमांडर के रूप में कार्य कर रहा था इस पर हत्या और आगजनी जैसी कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है आत्मसमर्पित माओवादी ने बताया कि संगठन की खोखली विचारधारा से परेशान होकर उसने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है जिला कलेक्टर अभिषेक पल्लव ने आत्मसमर्पित माओवादी को प्रोत्साहन राशि दी इसी तरह कांकेर में भी एक इनामी महिला माओवादी ने अपने पांच दिन के नवजात के साथ आत्मसमर्पण किया है डीआरजी की टीम को गश्त के दौरान यह गर्भवती महिला माओवादी आलपरस गांव के पास जंगल में मिली थी

उधर सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई यह घटना किस्टारम के पालोड़ी इलाके की है

रायपुर में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस योजना की समीक्षा की उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस एक महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना हैं जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तर पर डाटा शेयर करना तथा पुलिस के कार्यो के प्रति पारदर्शिता लाना है श्री अवस्थी ने कहा कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी इससे जुड़े और अपराध नियंत्रण के लिए इसका अधिकाधिक उपयोग करें बैठक में विशेष महानिदेशक और योजना के नोडल अधिकारी आर के विज ने कहा कि एफआईआर से चार्जशीट तक की जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग की ओर से एसएमएस की सुविधा उपलब्ध करायी गई है जिसका समुचित लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए बैठक में माना थाना के आरक्षक सुरेन्द्र निषाद और बसना के आरक्षक हरिशंकर साह को गुम बालिकाओं को उसके परिजनों से मिलाने के लिए सम्मानित किया गया थल सेना भर्ती रैली छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आगामी एक से दस जून तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा इसमें शामिल होने के लिए आवेदक कल तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं यह रैली बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में होगी थल सेना भर्ती कार्यालय रायप्र के अनुसार थल सेना में लगभग पांच सौ से छह सौ पदों के लिए भर्ती की जाएगी उम्मीदवार चाहे देश के किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो लेकिन यदि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो वह भर्ती रैली में शामिल हो सकता है वयोश्रेष्ठ सम्मान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से वयोश्रेष्ठ सम्मान के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है नामांकन की अंतिम तिथि इकतीस मई है यह पुरस्कार ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश के किसी भी हिस्से में वृद्वजनों के लिए उत्कृष्ट सेवाएं दी हों मालवाहन पशु प्रतिबंध राज्य में भीषण गर्मी और लू जैसी स्थितियों को देखते हुए मालवाहन के लिए पशुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है इसके तहत दोपहर बारह बजे से तीन बजे तक पशुओं की सवारी करने और माल ले जाने पर आगामी तीस जून तक प्रतिबंध है इस संबंध में जिला कलेक्टरों और पशु चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं शिवनाथ नदी समीक्षा दुर्ग जिले से होकर गुजरने वाली शिवनाथ नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक संस्थानों और जिला प्रशासन की मदद से कार्य किया जाएगा इस संबंध में जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने दुर्ग में एक बैठक ली उन्होंने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन और जिला प्रशासन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में पहल करेंगे श्री आनंद ने बताया कि नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए सॉलिड वेस्ट का उचित निष्पादन जरूरी है मानसून मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से पांच दिन बाद छह जून को केरल पहुंचेगा इसके बाद यह उत्तर की ओर बढ़ जाएगा मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम मोहापात्रा ने बताया कि आमतौर पर मानसून पहली जून को केरल तट पर पहुंचता है लेकिन इस बार इसके थोड़ी देर से पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग ने बताया है कि अट्ठारह और उन्नीस मई के दौरान अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से निकोबार ट्वीप और इससे लगी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं इधर राज्य के अधिकतर इलाकों का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है मौसम विभाग का अनुमान है कि द्रोणिका के असर से आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है संक्षिप्त समाचार जगदलपुर में आज चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को मतगणना कार्य का प्रशिक्षण दिया गया वहीं महासमुंद जिले के मतगणना सुपरवाइजर और मतगणना सहायकों को अट्ठारह मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा सूरजपुर के कूंदरगढ़ के जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए दो ग्रामीण भालू के हमले में घायल हो गए जांजगीर चांपा जिले के पकरिया के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बैठे भैंसों को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि तीन भैंसों की भी मौत हो गई बलरामपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग और अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर दो अलग अलग दुर्घटनाओं की वजह से कई घंटों तक आवाजाही प्रभावित होने की खंबर मिली है